राज्य सरकार ने शिक्षकों के चौदह हजार से अधिक पदों पर भर्ती के संबंध में आदेश जारी कर दिया है भारतीय जनता युवा मोर्चा कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर दो अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह मनाएगा कोरोना जांच दर राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए निजी लैबों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की दर निर्धारित कर दी है इसके अनुसार जो व्यक्ति लैब जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने चाहते हैं उन्हें सोलह सौ रूपए शुल्क देना होगा वहीं घर पर सैंपल देने पर अट्ठारह सौ रूपए अदा करना होगा वहीं राज्य के बाहर के लैब के लिए यह दर दो हजार रूपए निर्धारित की गई है इसके अलावा एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए नौ सौ रूपए की दर निर्धारित की गई है इन दरों में जांच शुल्क के अलावा पीपीई किट का शुल्क भी शामिल है ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि के लिए सैंपल देने के समय अपना पूरा पता सही तथा चालू मोबाइल नंबर दर्ज करवाने की अपील की है साथ मोबाइल फोन को पूरे समय चालू रखने के लिए भी कहा है वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा है कि कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किसी भी संस्था या शोध द्वारा प्रमाणित नहीं है सिटी स्कैन कोरोना की जांच का विश्वसनीय तरीका नहीं है भारत सरकार के आईसीएमआर ने कोविड नाइंटीन के मरीजों की जांच के लिए रैपिट एंटीजन किट आरटीपीसीआर टेस्ट और ट्रू नॉट विधि को मान्यता दी है कोरोना बीमा योजना वृद्धि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को पचास लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए उनके सीधे संपर्क में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम भी बना रहता है योजना में कोरोना संक्रमण के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वयंसेवक स्थानीय शहरी निकाय अनुबंधित या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के अलावा तदर्थ और सेवा प्रदाता कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है

दुर्ग जिले में आज दोपहर तक इक्यासी नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें भिलाई के मरौदा सेक्टर से दस पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग केन्द्रीय कारागार का एक कर्मचारी भी संक्रमित पाया गया है उधर कोरिया जिले के बैंकुंठपुर में कृषि विभाग का एक भृत्य कोरोना पॉजिटिव मिला है इसके बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है वहीं महासमुंद जिले में बागबाहरा तहसील के चारभांटा और सरायपाली के बैतारी गांव को कटेन्मेंट जोन घोषित किया है साथ ही कटेन्मेंट जोन के तीन किलोमीटर की परिधि को भी आवाजाही के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है इसी जिले में कोविड अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाई में पच्चीस अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है इन्हें मिलाकर अब तक कुल तिरपन बिस्तर उपलब्ध कराए जा चुके हैं वहीं जिले में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए एक और ट्रू नॉट मशीन आज से उपलब्ध करा दी गई है इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के तीन हजार चार सौ पचास नये मामले सामने आए हैं इनमें एक हजार से अधिक रायपुर जिले में मिले हैं इस तरह प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सत्तर हजार को पार कर गई है प्रदेश में अब तक चौंतीस हजार से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं

वहीं स्थानीय स्तर पर भी समाजसेवी संगठन स्वयंसेवी संस्थाएं और जागरूक नागरिक अपने अपने स्तर पर पहल कर रहे हैं राज्य के सभी उनतीस जिला अस्पतालों में कोरोना संक्रमित के इलाज और देखभाल की व्यवस्था की गई है इसके अलावा राज्य के अड़तीस निजी अस्पताओं को भी कोविड मरीजों के उपचार करने की अनुमति दी गई है इसमें रायपुर में बीस बिलासपुर और दुर्ग में सात रायगढ़ में दो वहीं राजनांदगांव और धमतरी में एक एक निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों के इलाज की अनुमति दी गई है इसके अलावा कोविड नाइंटीन के बिना लक्षण वाले और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए एक सौ छियासी निःशुल्क कोविड केयर संचालित किए जा रहे हैं साथ ही चौदह निजी अस्पतालों में शुल्क सहित आइसोलेशन सेंटर भी खोले हैं इसी तरह रायपुर जिला प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन एम्बुलेंस व्यवस्था और आपातकालीन सहायता के लिए टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं आपातकालीन सेवाओं के लिए शून्य सात सात एक दो चार चार पांच सात आठ पांच और होम आइसोलेशन के लिए सात पांच छह छह एक शून्य शून्य दो आठ तीन नंबर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहीं एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक नौ चार शून्य छह तीन चार छह आठ चार शुन्य नंबर पर फोन किया जा सकता है वहीं शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक के लिए नौ पांच दो पांच पांच चार तीन एक चार आठ मोबाइल नंबर जारी किया गया है उधर दुर्ग जिला प्रशासन ने भी आपातकालीन सेवाओं के लिए टेलीफोन नंबर जारी किए हैं

इस संबंध में रायपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि निजी अस्पतालों को सेवा भावना के साथ इलाज करने और न्यूनतम शुल्क लेने के लिए प्रेरित किया जाए श्री चुरेन्द्र ने कहा है कि यदि किसी निजी अस्पताल द्वारा कोरोना मरीज से इलाज के नाम पर अधिक राशि की वसूली की जाती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए वहीं रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना मरीजों के घर के बाहर अनिवार्य रूप से स्टीकर चिपकाया जाए उन्होंने कहा है कि स्टीकर को निकालने या इसमें कांट छांट करने पर दोषियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर स्थित जैनम मानस भवन में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए शुरू किए गए कोविड सेंटर का शुभारंभ किया यह सेंटर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाईजेशन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है

पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके दस्तावेजों के सत्यापन और मेडीकल फिटनेस के साथ ही पुलिस सत्यापन के बाद की जाएगी इन शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रम के अनुसार होगी गौरतलब है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के चौदह हजार पांच सौ अस्सी शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी जिसके परिणाम तीस सितंबर और बाईस नवंबर दो हजार उन्नीस को घोषित किए गए थे केन्द्र श्रमिक सहायता केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं उन्होंने बताया कि अब तक लगभग दो करोड़ प्रवासी कामगारों को भवन और अन्य निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में पांच हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं श्री गंगवार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए श्रम मंत्रालय ने पूरे देश में बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे इस दौरान श्रमिकों की पन्द्रह सौ से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया था वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण दो लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग दो सौ पंचानवे करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था श्री गंगवार ने बताया कि विमिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर लगभग एक करोड़ प्रवासी मजदूर महामारी के दौरान राज्यों से अपने राज्य वापस गए भाजपा सेवा सप्ताह भारतीय जनता युवा मोर्चा कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर दो अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा सप्ताह मनाएगा इस दौरान मोर्चा द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे कल सत्रह सितंबर को प्रदेश को सभी जिलों में श्रमेव जयते के नाम से सफाई कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्म दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस विश्वव्यापी संकट के दौरान श्री मोदी ने देश को इस संक्रमण से बचाने के कई प्रभावी कदम उठाए हैं कामधेन् विश्वविद्यालय दुर्ग के दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के तहत संचालित रायपुर के दुग्ध विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में बी टेक तथा कवर्धा के मात्स्यकी महाविद्यालय में बीएफएससी पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसके अलावा जगदलपुर सूरजपुर महासमुद और राजनांदगांव में संचालित वेटनरी पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा इन एनीमल हसबेंड्री के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन भी मंगाए गए हैं आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट की लिंक चौबीस सितंबर तक खुली रहेंगी वहीं छब्बीस सितंबर को पंजीकृत आवेदकों की सूची का ऑनलाइन प्रकाशन किया जाएगा तीस सितंबर को प्रवेश की अंतिम प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी

रायपुर रेलमंडल में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ प्रभात फेरी निकाल कर किया गया इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ के खिलाड़ियों ने कोविड नाइंटीन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रभात फेरी में भाग लिया यह प्रभात फेरी रायपुर स्थित सेकरसा स्टेडियम से होते हुए रेलमंडल कार्यालय पसिर में पहुंची आज रायपुर रेल मंडल के सभी दफ्तरों और स्टेशनों में स्वच्छता की शपथ भी ली गई गौरतलब है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत आज से तीस सितंबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में हर दिन स्वच्छता से जुड़े अलग अलग विषय पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इधर रेलवे ने अपराध नियंत्रण और यात्रियों की सहायता करने में सराहनीय योगदान के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पांच कर्मियों को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया ये सभी रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी है

राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें अपने श्रम से समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित होने का संदेश देता है एसीबी छापा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में एक उपअभियंता सहित उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार एसीबी की बिलासपुर शाखा को इस संबंध में शिकायत मिली थी इसके बाद एसीबी की टीम ने जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में पदस्थ उप अभियंता सुमीत राजपूत और उसके सहयोगी राजकुमार रात्रे के खिलाफ कार्रवाई की और इन दोनों को कथित रूप से बीस हजार रूपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है संक्षिप्त समाचार प्रदेश में आगामी उन्नीस सितंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद ने निर्णय लिया है कि परिषद में पंजीयन के लिए इस साल मार्च में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं से इस साल दिसंबर तक विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा रायपुर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ने साल दो हजार बीस बाईस के लिए एमएड बीएड और विभागीय एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की चयन और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है सूची का अवलोकन महाविद्यालय और एससीईआरटी की वेबसाइट पर किया जा सकता है प्रवेश की अंतिम तिथि एक अक्टूबर निर्धारित की गई है राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जांजगीर चांपा जिले में आज कलेक्टर और जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रथ को रवाना किया इस रथ के माध्मम से गांव गांव में सुपोषण की जानकारी दी जाएगी राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सहायक कलेक्टर स्तर के पांच अधिकारियों की नवीन पदस्थाना के आदेश जारी किए हैं राजनांदगांव जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नगर निगम द्वारा सितंबर और अक्टूबर महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी महासमुंद जिले के वनोपज जांच नाका केन्द्री में बीती रात तलाशी के दौरान सोलह काटूनों में छिपाकर लाई जा रही सागौन और कालातेंदू की इमारती लकड़ी जब्त की गई है इस मामले में वन विभाग ने भिलाई निवासी वाहन मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है इसी जिले में तुमगांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में मोटर साइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा मोड़ के पास डिवाईडर से टकरा कर मोटर सायकल सवार एक युवक की मौत हो गई